मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा में अपनी सरकार का पहला बजट पेश किया इंक्यानवे हजार करोड़ रूपये के इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है बजट में बिजली बिल आधा करने के साथ ही कृषि ऋण माफ करने और धान खरीदी के लिए राशि का प्रावधान करने के अलावा सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुराजी गांव योजना शुरू करने की घोषणा भी की है भाजपा ने कांग्रेस सरकार के पहले बजट को निराशाजनक बताया है पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस अपने जन घोषणा पत्र को भूलकर आधी अधूरी बातें कर रही है

रायगढ़ जिले के कोंडातराई में आज एक रैली को सम्बोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने बिचौलियों और भ्रष्टाचारियों को लाभ पहुंचाने के लिए कृषि ऋण माफी का रास्ता अपनाया है श्री मोदी ने कहा कि भाजपा ने निर्धनों को गरीबी से लड़ने के लिए सशक्त बनाया है उन्होंने कहा कि कांग्रेस की योजना से सभी किसानों को लाभ नहीं मिल सकता प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार ने बजट दो हजार उन्नीस में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शामिल की है यह योजना चुनावी मुद्दा नहीं है और भाजपा की योजना से हर साल किसानों को लाभ मिलेगा

हमारी सरकार के प्रयास से सभी बैंकों ने मिलकर ये निर्णय लिया है कि किसान क्रेडिट कार्ड के तहत जो भी चार्जेज बैंक लेते थे वो अब नहीं लिए जाएंगे प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य विधानसभाओं के हाल के चुनावों के परिणाम सामने आने के बाद गरीबों के लिए काम करने के उनकी सरकार के संकल्प को मजबूती मिली है उन्होंने कहा कि सत्ता में आने के बाद छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने खुद को केन्द्र की स्वास्थ्य देखभाल की योजना से अलग कर दिया है आयुष्मान भारत पीएम जय यानि मोदी कैसे छत्तीसगढ़ को हटाने का निर्णय ले दूसरा फैसला उन्होंने किया सीबीआई को राज्य में आने नहीं देंगे अरे क्यों भाईए आपको किस बात का डर है अगर आपके राज्य में गरीब स्वस्थ हो जाए आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल जाए गरीब को हर वर्ष पांच लाख रूपये तक का मुफ्त इलाज मिल जाए आपको तो कुछ देना नहीं है आप क्यों इस लाभ से उस गरीब को आदिवासी को वंचित करना चाहते हैं

विमानतल पर छत्तीसगढ़ के नगरीय प्रशासन मंत्री डॉक्टर शिवकुमार डहरिया और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने उनका स्वागत किया इसके बाद श्री मोदी वायुसेना के हेलीकॉप्टर से रायगढ़ जिले के लिए रवाना हुए रायगढ़ की सभा के बाद वे वापस रायपुर पहुंचे और यहां से विशेष विमान द्वारा पश्चिम बंगाल के लिए रवाना हो गए

इंक्यानवे हजार करोड़ रूपये के इस बजट में कोई नया कर नहीं लगाया गया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा आज पेश किया गया बजट पिछले वर्ष के बजट से लगभग नौ प्रतिशत ज्यादा है इस बजट में कांग्रेस द्वारा विधानसभा चुनाव के दौरान की गई घोषणाओं के अनुरूप कृषि ऋण माफ करने धान बोनस देने और बिजली बिल आधा करने के लिए राशि का प्रावधान किया गया है साथ ही सरकार ने इस बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए सुराजी गांव योजना शुरू करने की घोषणा भी की है कृषि बजट में पिछले वर्ष की तुलना में करीब डेढ़ गुना की वृद्धि की गई है इस बार सरकार ने कृषि बजट में इक्कीस हजार पांच सौ संतानवे करोड़ रूपये का प्रावधान किया है धान बोनस देने और कृषि ऋण माफी के लिए भी पांच पांच हजार करोड़ रूपये खर्च करने का प्रावधान किया गया है वहीं सरकार ने किसानों को कर्ज के बोझ से मुक्त करने के लिए ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंकों के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के व्यावसायिक बैंकों द्वारा बांटे गए करीब चार हजार करोड़ रूपये के अल्पकालीन कृषि ऋण भी माफ करने का ऐलान किया है मुख्यमंत्री ने कृषि ऋण की माफी के अलावा किसानों को राहत देने के लिए दो सौ सात करोड़ रूपये का बकाया सिंचाई कर भी माफ करने का ऐलान किया है जिससे पंद्रह लाख किसानों को प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा

इसके तहत चार सौ यूनिट तक बिजली बिल पर छूट का फायदा सभी उपभोक्ताओं को मिलेगा

इस बजट में दुर्ग के मर्रा और बेमेतरा जिले के साजा में नया कृषि महाविद्यालय शुरू करने के लिए भी प्रावधान किया गया है वहीं सरकार ने बालोद में महिला महाविद्यालय शुरू करने को मंजूरी दी है सरकार ने बीस नए पशु औषधालय की स्थापना और पशुओं के बेहतर स्वास्थ्य के लिए महासमुद जगदलपुर तथा सूरजपुर में रिजनल फर्स्ट एड ट्रेनिंग सेंटर को भी मंजूरी दी है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरगुजा जिले के बतौली और जशपुर जिले के दुलदुला तथा मनोरा विकासखंड में नए आईटीआई खोले जाएंगे वहीं पांच लाइवलीहड कॉलेज में केन्या छात्रावास का निर्माण किया जाएगा सरकार ने बजट में दिव्यांगजनों के विवाह के लिए दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि पचास हजार से बढ़ाकर एक लाख रूपये करने का प्रावधान किया है इसके अलावा बौद्विक मंदता के कारण मानसिक रूप से निःशक्त अट्ठारह वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों को जीवनभर आश्रय देने और उनके उपचार के लिए बालोद जिले में घरोंदा केन्द्र शुरू करने का ऐलान किया गया है वहीं रायपुर और बालोद जिले में निःशक्तजन पुनर्वास केंद्र को भी सरकार ने मंजूरी दी है

इसके संचालन के लिए हर गांव से दस युवाओं को प्रशिक्षित भी किया जाएगा मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि प्रशिक्षण के बाद करीब दो लाख युवाओं को इस क्षेत्र में रोजगार मिल सकेगा बजट में नशा मुक्ति के लिए नई योजना शुरू करने का ऐलान किया गया है इसके तहत जन जागरण अभियान चलाया जाएगा वहीं सरकार ने बजट में यूनिवर्सल हेत्थ केयर की अवधारणा के अनुरूप आगामी वर्ष से बेहतर व्यवस्था वाली स्वास्थ्य योजनाओं को लागू करने की बात कही है इसके तहत बिलासपुर और जगदलपुर में मल्टी सुपर स्पेशलियिटी चिकित्सालय की स्थापना के लिए बजट में बाईस करोड़ रूपये का प्रावधान किया है गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा में पानी के कारण ग्रामीणों को होने वाली बीमारी को देखते हुए सुपेबेड़ा जलप्रदाय योजना को भी मंजूरी दी गई है इसके लिए बजट में दो करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है इसके अलावा बीपीएल ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क नल कनेक्शन देने के लिए मिनीमाता अमृत नल जल योजना में दस करोड़ रूपये खर्च करने का प्रावधान है

सरकार ने पुलिस विभाग में जिला कार्य पालिक बल के आरक्षक से लेकर निरीक्षक तक के अमले को रिस्पॉन्स भत्ता देने का ऐलान किया है इसके लिए बजट में पैंतालीस करोड़ चवालीस लाख रूपये खर्च करने की बात कही गई है पुलिस बल की विभिन्न शाखाओं में कर्मचारियों की कमी दूर करने के लिए दो हजार नए पदों के सुजन का प्रावधोन किया गया है स्कूलों में मध्याह भोजन बनाने वाले रसोइयों का मानदेय बारह सौ से बढ़ाकर पंद्रह सौ रुपये प्रतिमाह करने का ऐलान मुख्यमंत्री ने किया है बजट प्रतिक्रिया विधानसभा में बजट पेश करने के बाद आकाशवाणी समाचार के साथ एक विशेष बातचीत में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि बजट मुख्य रूप से बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की भावना के साथ गरीब किसानों की समृद्धि शिक्षा में उच्च गुणवत्ता ग्रामीण अधोसंरचना के विकास के साथ ही कुशल प्रशासन की अवधारणा पर केंद्रित है

मुख्यमंत्री द्वारा आज सदन में बजट पेश करने के पहले राज्य के आर्थिक और सांख्यिकी मंत्री टीएस सिंहदेव ने छत्तीसगढ़ का आर्थिक सर्वेक्षण सदन के पटल पर रखा इसमें बताया गया है कि चालू वित्तीय वर्ष में छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति लगभग संतानवे हजार रूपये की आय संभावित है जो इससे पहले के वर्ष की तुलना में आठ प्रतिशत अधिक है भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री द्वारा आज पेश किए गए बजट को निराशाजनक बताया है भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि कांग्रेस अपने जन घोषणा पत्र को भूलकर आधी अध्री बातें कर रही हैं